उन्होंने कहा कि इसी तरह रोहड रामपूर ब्शहर के खनेरी और ठियोग नागरिक अस्पतालों की बिस्तर क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिएं

उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों से सेना अस्पताल के उपयोग की अनमति से संबंधित मामला भी उठाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन उपकरणों और दवाओं की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि रोहडू और रामपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल उपायुक्त आदित्य नेगी सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे

इन लोगों को पहली मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और लोग को विन पोर्टल कोविन डॉट गोव डॉट इन पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं

केन्द्र ने अब राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दो है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कृलदीप राठौर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए खाली पड़े सरकारी भवनों को कोविड केन्द्रों के तौर पर प्रयोग करने की सलाह दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई उपायों की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि इसके लिए जनहित में पार्टी सरकार का सहयोग करेगी राठौर ने कहा कि संकट के इस काल में कुछ दवा विक्रेता कालाबाज़ारी कर रहे हैं उन्होंने इनके निरीक्षण के लिए विशेष टास्क फोर्स की जरूरत बताई आग राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ज़िला में कोटखाई के फनैल गांव में हुई आगजनी की घटना पर दुख जताया है

राज्यपाल ने प्रभावित परिवारों को रेडक्रॉस की ओर से फौरी राहत सामग्री भेजी है और प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी कोविड हैल्थ सेंटर हमीरपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ज़िले का दूसरा कोविड स्वास्थ्य कोन्द्र स्थापित किया जाएगा उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने बताया कि इसकी क्षमता सौ बिस्तरों की होगी और आवश्यकता अनुसार दो सौ अतिरिक्त बिस्तरों तक इसका विस्तार किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को यहां शीघ्र ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि जिला आयुर्वेद अस्पताल में स्थापित केन्द्र में भी बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई गई है कांगडा उपायुक्त कांगड़ा ज़िला में कोविड अस्पतालों में रोगियों की उचित देखमाल सुनिश्चित की जा रही है

उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन का पर्याप्त भण्डारण किया गया है और इसकी कालाबाज़ारी करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी